और गंगा नदी में उफान से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

प्रदेश में सरकारी और निजी बसों का परिचालन आज से शुरू हो गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में बसों के परिचालन पर सहमति बनी परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बैठक में लिये गये फैसले के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारू करने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं बसों का परिचालन कोविड उन्नीस के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत होगा ड्राईवर कंडक्टर और सभी यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा वाहन में निर्धारित सीट से अधिक यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं होगी वाहनों में सेनेटाइजर रखना होगा साथ ही कोरोना से बचाव से संबंधित पोस्टर और स्टीकर बस में लगाने होंगे नियमों का उल्लंघन करने पर बस संचालक पर कार्रवाई की जायेगी बस का परमिट भी रद्द किया जा सकता है प्रदेश में अब सब्जी फल तथा मांस और मछली की दुकानें सुबह और शाम दोनों समय खूलेंगी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इन दुकानों को सुबह छह बजे से ग्यारह बजे तक और शाम चार बजे से साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियमों पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चिकित्सकों की सत्ताईस अगस्त से हड़ताल पर जाने की नोटिस पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया पीठ ने कहा कि यह समय स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने का नहीं है जो कर्मी हड़ताल पर हैं वे शीघ्र काम पर लौट आएं और जो हड़ताल पर जाने वाले हैं वे ऐसा न करें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस आदेश के बाद भी यदि कोई स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी इस मामले में अब अगली सुनवाई छब्बीस अगस्त को होगी कोरोना संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वाहनों के पंजीकरण फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की वैधता इकतीस दिसम्बर तक बढ़ा दी है परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि खत्म हो रहे ड्राइविंग लाईसेंस की वैधता भी अब इकतीस दिसम्बर तक मान्य रहेगी प्रद्षण प्रमाण पत्र के बिना अब वाहनों के बीमा का नवीनीकरण नहीं होगा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि बीमा नवीनीकरण के समय प्रदूषण प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा प्रदेश में कोरोना से एक लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं एक दिन में दो हजार नौ सौ आठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख एक हजार तीन सौ बासठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर बयासी दशमलव एक पांच प्रतिशत है वहीं एक दिन में सत्रह लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ सत्ताईस हो गया है स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक चौबीस लाख चौरानवे हजार सात सौ बारह कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है पॉजिटिव पाये जाने वाले मामलों की दर एक दशमलव नौ सात प्रतिशत पर आ गयी है इस बीच एक दिन में एक हजार दो सौ सत्ताईस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख तेईस हजार तीन सौ तिरासी हो गयी है सबसे अधिक दो सौ पच्चीस मामले पटना से मिले हैं पटना में अब तक उन्नीस हजार एक सौ बारह मामलों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें सोलह हजार तिहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं एक सौ चौबीस रोगियों की मौत हुई है वर्तमान में दो हजार नौ सौ पन्द्रह लोगों का इलाज चल रहा है राज्य सरकार ने दियारा टाल क्षेत्र और बाढ़ग्रस्त इलाकों में कोरोना के संदिग्धों की जांच का आदेश दिया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इन सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और भ्रामक खबरों से नहीं घबराना चाहिए

वित्त मंत्रालय ने चालीस लाख रुपए तक के सालाना सकल कारोबार को जीएसटी से छूट दे दी है शुरू में यह सीमा बीस लाख रुपए थी वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त डेढ़ करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है इस योजना के तहत केवल एक प्रतिशत कर देना पड़ता है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र विशेष रूप से आवास क्षेत्र को राहत देकर पांच प्रतिशत कर की श्रेणी में रखा गया है किफायती आवास पर कर की दर घटाकर एक प्रतिशत की गई है केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां कार्यक्रम कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी परिषद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उन पर निगरानी भी रखेगी साथ ही राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और उनके बीच समन्वय करेगी गंगा नदी में उफान से प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है जल संसाधन विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड में सोन नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए गंगा के जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है नदी में उफान से सबसे अधिक प्रभावित खगड़िया मुंगेर भागलपुर और कटिहार जिले हुए हैं मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नये इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है जिले के तेईस से अधिक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं

गंगा नदी का पानी नये क्षेत्रों में फैल रहा है गोगरी प्रखंड के बोरना गांव के कुछ हिस्सों में बाढ़ का पानी फैलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गयी है इसके अलावा इसी प्रखंड के रामपुर मीरगंज ईटहरी इमादपुर और बन्नी समेत कई गांवों में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने लगे हैं वहीं बागमती नदी की धारा से कई जगहों पर कटाव हो रहा है बक्सर और भोजपुर जिले में भी गंगा नदी के उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है जल संसाधन विभाग ने तटबंधों पर चौकसी बढ़ा दी है कटिहार के भी नई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के जोकिया पंचायत में बलान नदी का तटबंध टूट गया है जिससे कई गांवों में नदी का प्रवेश कर रहा है मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गये हैं इधर गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से गोपालगंज और सारण में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है आज सुबह वाल्मिकीनगर गंडक बराज से नदी में एक लाख चौंतीस हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से गोपालगंज जिले के विश्वम्भरपुर स्थित गाईड बांध में तेजी से कटाव हो रहा है जल संसाधन विभाग की ओर से युद्धस्तर पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य जारी है वहीं बरौली प्रखंड के सरफरा सिवान पथ पर कटाव से आवागमन ठप हो गया है सारण जिले के दिघवारा और दरियापुर प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है दरियापुर से नया गांव जाने वाले मुख्य पथ पर दो से तीन फुट तक पानी का जमाव हो गया है इधर वैशाली जिले में भी कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं पटेढ़ी बेलसर और महुआ के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं मुजफ्फरपुर जिले में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रातो नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है नदी का पानी सुरसंड के श्रीखंडी भिट्ठा गांव में फैल गया है वहीं उत्तर बिहार के जिलों दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी सुपौल सहरसा और मधेपुरा में स्थितियां अब सामान्य हो रही है प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा सीईटी का आयोजन अब बाईस सितम्बर को होगा नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने नई तिथियों की घोषणा कर दी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व में दो बार तीस मार्च और उन्नीस जुलाई को परीक्षा स्थगित कर दी गयी थी शिक्षा विभाग ने वर्ग छह से आठ तक के शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के लिए औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए विभागीय वेबसाईट पर लिंक जारी किया है अभ्यर्थी उनतीस अगस्त तक ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं राज्य सरकार ने भारतीय पूलिस सेवा के छह अधिकारियों का तबादला कर दिया है प्राणतोष कुमार दास को राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी का उप महानिरीक्षक बनाया गया है वहीं वीणा कुमारी को कमजोर वर्ग और महिला कोषांग अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गयी है राजेश कुमार को आर्थिक अपराध इकाई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है नवादा सुपौल सीवान और रोहतास जिले में अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में अठारह लाख रुपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है प्रभात खबर लिखता है सात घंटे की बैठक सोनिया गांधी ही अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष दैनिक जागरण की सुर्खी है चुनाव के लिए होगी छह लाख कर्मचारियों की जरूरत दैनिक भास्कर ने लिखा है राज्य की तीन हजार तीन सौ चार पंचायतों में नौंवी कक्षा की शुरूआत हिन्दुस्तान की सुर्खी है पच्चीस अक्टूबर से दरभंगा से विमान सेवा शुरू होने के आसार राष्ट्रीय सहारा ने सीडीएस विपिन रावत के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है चीन के साथ वार्ता विफल हुई तो सैन्य विकल्प तैयार दैनिक आज ने लिखा है बिहटा में कोविड अस्पताल का शुभारंभ और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में आज से शुरू हुआ सरकारी और निजी बसों का परिचालन

और गंगा नदी में उफान से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी